मंत्रिमण्डल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया है केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता दो प्रतिशत बढकर अब नौ प्रतिशत हो जाएगा यह बढोतरी केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए भी लागू होगी

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में तीसरे स्मार्ट इण्डिया हैकथॉन को लॉन्च किया इसमें तीन हजार से अधिक इंजीनियरिंग संस्थानों के डेढ़ लाख छात्र भाग लेंगे श्री जावडेकर ने बताया कि इस हैकाथॉन में उद्योग जगत की तकनीकी समस्याओं को भी सुलझाया जायेगा पिछले दो हैकथॉन में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त सवालों निदान किया गया था उन्होंने बताया कि यह विश्व का सबसे बडा हैकथॉन होगा पूर्व मंत्री शैलेन्द्र जोशी आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गये कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्री जोशी ने कहा कि उनका कांग्रेस के साथ मतभेद था लेकिन पार्टी के साथ कभी मनभेद नहीं रहा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा के तहत पाली जिले के जैतारण से आज फिर शुरू हुई जैतारण में एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है

इसके बाद सोजत सिटी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों में सौहार्द बढाने का काम किया है

प्रदेश के जिलाअस्पतालों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे

इन संयंत्रों को लगाने के लिए जगह का चयन जल्दी ही किया जाएगा अस्पतालों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से बिजली के बिलों में करीब पचास प्रतिशत तक कमी जाएगी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से प्रदेशभर में गर्भवती महिलाओं के कारगर साबित हो रही है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा सवाईमाधोपुर जिले के नीदड़दा गांव में विशेष जागरूकता कार्यक्रम साफ नीयत सही विकास आयोजित किया गया उधर उदयपुर में फील्ड आउचरीच ब्यूरो की ओर से गरौली में जागरूकता कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया

बांसवाड़ा जिले के क्शलगढ में आज संसदीय सचिव भीमा डामोर ने खेलकृद प्रतियोगिता का उदघाटन किया

इस दौरान तीज माता की शाही सवारी निकाली जायेगी

जयपुर में आज दोपहर में कई स्थानों पर जमकर पानी बरसा सिरोही में भी मूसलाधार बारिश हुई

धौलपुर में हुई अच्छी बरसात से निचली बस्तियों में पानी भर गया